खाद्य सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा बेहद जरूरी है विश्व खाद सुरक्षा दिवस पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों और वंचितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कोई कसर नहीं छोडेगी इसके साथ ही सरकार नये खाद्य सुरक्षा उपायों को लागू करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष और राजीव कुमार उपाध्यक्ष होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंदरजीत सिंह को आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है वी के सारस्वत रमेश चन्द और डॉक्टर वीके पॉल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे

दो दिवसीय इस बैठक में शामिल होने के लिये श्री गोयल आज रात रवाना हो रहे हैं बैठक में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका पर विचार विमर्श किया जायेगा

नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने यह जानकारी दी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने बताया कि भोपाल कैपिटल एरिया में मंडीदीप औबेदुल्लागंज और सीहोर को शामिल किया जायेगा वहीं इंदौर मैट्रोपॉलिटन एरिया में देवास पीथमपुर और महू को शामिल करने का प्रस्ताव है श्री सिंह ने कहा कि अगले पांच वर्ष में हाऊसिंग बोर्ड को और मजबूत किया जायेगा और भविष्य में कम आयवर्ग उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर ही प्रोजेक्ट बनाये जायेंगे विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे और आयुक्त केरोलिन देशमुख ने भी कार्यशाला को संबोधित किया जैत श्रद्वांजलि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीहोर जिले के जैत पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पितृशोक में शामिल हुये इस दौरान उन्होंने श्री चौहान के निवास पर स्वर्गीय प्रेम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री कमलनाथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह केन्द्रीय फगग्न सिंह कुलस्ते श्रीमती रेणुका सिंह पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भूपेंद्र यादव उपाध्यक्ष ओम माथुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी जैत पहुंचकर स्वर्गीय प्रेमसिंह को श्रद्वा सुमन अर्पित किये ओरछा धरोहर प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित ओरछा की ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को में स्थान मिला है यूनेस्को की धरोहरों की अस्थायी सूची में इन्हें शामिल किया गया है गौरतलब है कि किसी ऐतिहासिक विरासत या स्थल का विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जगह पाने से पहले अस्थायी सूची में शामिल होना जरूरी है इसके बाद ही इन्हें यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल किया जा सकता है प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज इंदौर में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ विद्यत वितरण कंपनी के कार्यालय में प्रदर्शन किया कार्यकर्ताओं ने इस दौरान विद्युत कटौती के लिये कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये नारेबाजी की आजीविका प्लान प्रदेश में आजीविका मिशन में शामिल प्रत्येक सदस्य का आजीविका प्लान तैयार किया जायेगा

यह मिशन ग्रामीण क्षेत्र में गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये काम कर रहा है

गर्मी प्रदेश में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है लू ने लोगों को बेहाल कर दिया है

कलेक्टर ने भी इसके लिये दानदाताओं से आग्रह किया

उन्होंने पुनर्वास के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने की मांग की है